इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से छह हजार रुपये की सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी बजट में आयकर की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है

इससे तीन करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंश्नभोगियों को चार हजार सात सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा बजट प्रतिक्रिया इस बीच अंतरिम बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के अलग अलग वर्गो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बजट की सराहना करते हुए इसे सकारात्मक प्रगतिशील और देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला करार दिया है

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केन्द्रीय बजट को देश के हर वर्ग व क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला बताया है उन्होंने कहा है कि आज तक का ये सबसे बेहतर बजट है और हर वर्ग को राहत देने का सरकार ने प्रयास किया है

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने अंतरिम बजट को भविष्य का रोड़ मैप करार दिया है

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि देश में इस वर्ष हो रहे आम चुनावों को देखकर लोगों को लुभाने का ये एक असफल प्रयास है उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए न कोई प्रस्ताव है न ही कोई योजना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी केन्द्रीय बजट को लोक लुभावन करार दिया सरवीण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के उददेश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई है

बिंदल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर केन्द्र काफी लाभकारी साबित होगा एक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हिमाचल को केरल के साथ जोड़ा गया है और दोनों राज्यों में अनेक समानताएं हैं ये बात प्रधान सचिव शिक्षा के के पंत ने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में कही उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधों को मजबूत करना और विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की संस्कृति से अवगत करवाना है

स्टॉप सैंटर महिलाओं व किशोरियों के लिए आपातकालीन समेकित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केलंग में वन स्टॉप सैंटर खोला गया है लाहौल स्पिति ज़िला के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज इस केन्द्र का विधिवत शुभारंभ किया ये केन्द्र पीड़िता को एफआईआर दर्ज करने व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा हिंसा से पीड़ित महिलाओं में आत्म विश्वास पैदा करने के लिए अनुभवी परामर्शदाता सेवाएं भी देगा

मृतक की पहचान ज्वाली गांव के बृज लाल के रूप में की गई है घायलों को मैडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती कराया गया है